स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों का पालने करते हये हरियाणा में आज सावन मास की शिवरात्रि का पर्व श्रद्वापूर्वक मनाया गया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पूर्व मंत्री एंव वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश धनखड़ को हरियाणा बी जे पी का अध्यक्ष निय्क्त किया है पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एंब म्ख्यालय प्रभारी अरुण सिंह द्वारा इस संबंधी जारी पत्र के अन्सार ये निय्क्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री धनखड़ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्भाष बराला की जगह लेंगे ओम प्रकाश धनखड़ की पहचान हरियाणा में एक किसान नेता की है

बाद में ओपी धनखड़ स्वदेशी जागरण मंच से भी जुड़े रहे म्ख्यमंत्री मनोंहर लाल ने उन्हें एक कर्मठ नेता बताते हए उनको प्रदेश अध्यक्ष निय्क्त किए जाने पर बधाई दी है उन्होंने विश्वास जताया है कि श्री धनखड़ के राजनीतिक अनुभव का लाभ पार्टी कार्यकर्ताओं को अवश्य मिलेगा और हरियाणा बी जी पी संगठन और मजबूत होगा

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में कोरोना से होने वाली मृत्य् पर विश्व के कई देशों की त्लना में कम है

मंत्रालय ने इसके लिए केन्द्र व राज्य सरकारों के प्रयासों की सराहना की

हरियाणा में शाम तक चार कोविड मरीज़ो की मृत्यु भी हुई है

यहां आज कोरोना से दो मरीज़ो की मृत्यू हई है

ये य्वक अम्बाला छावनी का रहने वाला था तथा उसे मुलाना मेडिकल कालेज में ईलाज के लिए भर्ती कराया गया था यमुनानगर में चार नये कोविड पोजिटिव मरीज़ मिले है सिविल सर्जन डॉ विजय दहिया ने बताया कि इनहे कोविड अस्पताल मे भर्ती करा कर इसके इलाकों को कंटेनमेंट ज़ोन बना दिया गया है

आज हरियाणा में सावन मास की महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है मंदिरों में श्रद्वाल् पूजा अर्चना के लिए पहंच रहे है और दर्शन के समय शारीरिक द्री बनाये रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है अम्बाला भिवानी तथा प्रदेश के अनेक स्थानों पर ये पर्व मनाये जाने के समाचारहै अम्बाला छावनी के हाथी लाना मंदिर में श्रद्वालू पूजा के लिए पहंचे

यम्नानगर में भी आज प्राचीन केदारनाथ मंदिर आदि ब्रदी महादेव मंदिर अमादलप्र कालेश्वर महादेव मठ कलेसर आदि जगहों में श्रद्वाल्ओं ने पूजा की हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ग्र्जर भी पूजा के लिए पहंचे और शिवरात्रि पर्व की शुभकानायें दी फरीदाबाद में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने पनहेड़ा खुई में आज आज कई पौधे लगाये जिले मे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मंगलेश चौबे ने पर्यावरण बचाने का संदेश दिया सिरसा के सालासर धाम मंदिर में आज भक्तों की संख्या सावन मास की शिवरात्रि पर्व पर कम रही कोरोना के चलते कावड़ लाने पर प्रशासन ने रोक लगाई हई थी तथा भक्तों को गंगाजल मंदिर में ही उपलब्ध करवाया गया मंदिर में थर्मल स्क्रीनिंग व सैनेटाइज़ करने का भी ध्यान रखा गया हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने होडल में बागवानी उत्कृष्टता केंद्र का दौरा किया और गांव नांगल ब्राह्मण में मशरूम की खेती व गांव असावटा में अमरूद के खेती का अवलोकन भी किया